मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कल शिमला से डलहौजी भाजपा मण्डल की वर्चुअल जन संवाद रैली को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न की है लेकिन अधिकांश विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है

मुख्यंमंत्री बैठक इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे वे भाजपा मंडल धर्मशाला और मंडी सदर की वर्चअल रैली को भी संबोधित करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री कांगड़ा जिला के मीडिया प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद करेंगे भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आगामी मानसून के मद्देनज़र विभिन्न विभागों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान से बचा जा सके कल शिमला में मानसून की तैयारियों संबंधित बैठक की अध्यक्षता की करते हुए उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जुलाई महीने में अधिक वर्षा होने की संभावना है जिसके लिए समय रहते तैयारियां करने की जरूरत है सुरेश भारद्वाज ने सभी विभागों को आपस में बनाने का आग्रह किया ताकि स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी केवल ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं

कोहली भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलीन कोहली ने कहा है कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिनका आम लोगों को लाभ मिल रहा है धर्मशाला में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है और अर्थव्यस्था को मजबूत बनाने के लिए भी कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने विधायकों की गुटबाजी और कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है कांगड़ा की सियासी नब्ज थामने को विशेष पैकेज की तैयारी पंजाब केसरी के शब्द हैं सरकार और संगठन में कांगड़ा की अनदेखी पर विधायक नाराज मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन सबकी शिकायतों का होगा निपटारा दिव्य हिमाचल ने लिखा है कांगड़ा के सियासी तूफान में फंसे संगठन मंत्री पवन राणा

दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है देश में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या सकिय मरीजों से अधिक

हिमाचल में सितंबर मध्य में खूलेंगे होटल रेस्टोरेंट दैनिक सवेरा टाइम्स और अमर उजाला की एक खबर है

नमस्कार